नई दिल्ली में आज उन्होंने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकर द्वारा निजी तौर पर हिमाचल के कोरोना योद्धाओं को भेजे गए चिकित्सा उपकरणों को हरी झण्डी दिखाई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अनुराग ठाकृर सहित देश भर में पार्टी कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने चिकित्सा सामग्री भेजने पर अनुराग ठाकर को आभार जताया है

इस आर्यू वर्ग के लाखों लोगों को सप्ताह में दो बार सोमवार और वीरवार को टीके लगाए जायेंगे

जिन लोगों ने पहले पंजीकरण करवाया है उन्हें पहले कोरोना के टीके लगाए जायेंगे

हर केन्द्र में एक सौ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि केवल उन्हीं लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण करवाया है

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल थ्ररल में कोरोना मरीजों का कृशलक्षेम पूछा और उन्हें दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया उन्होंने दिन रात र्सवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्भियों की सराहना की और कहा कि सरकार उन्हें हर संभव सुविधाए प्रदान करेगी

मारकण्डा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने आज केलंग में कोविड केयर सैंटर का दौरा कर कोरोना मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ज़िले में कोविड मरीज़ों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए और मरीजों को उचित चिकित्सा परामर्श दिया जाए मारकंडा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दारचा का दौरा भी किया और कोरोना मरीजों का हालचाल जाना

हिमाचल प्रदेश में भी अब इस दवाई का वितरण शुरू हो गया है और होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना संकभितों को इससे काफी लाभ मिल रहा है केन्द्रीय आयुष मंत्रालय की ओर इस दवाई का देश भर में निशुल्क वितरण किया जा रहा है

रोहित ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकूर ने राज्य सरकार से कोरोना महामारी पर अंकश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने का आग्रह किया है रोहित ठाकर ने कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार में जूटे स्थानीय व शहरी निकायों के कर्मचारियों को फंटलाईन कोरोना योद्वा घोषित करने की भी सरकार से मांग की है

शहर की सभी मुरव्य गलियों और बाज़ारों को नियभित रूप से सैनिटाईज किया जा रहा है और इस जिम्मा सभी पार्षदों को सौंपा गया है मण्डी नगर निगम की महापौर दीपाली जसवाल ने बताया कि शहर में होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या भी काफी अधिक है और ऐसे घरों के आसपास नियमित रूप से सैनिटाईजेशन कार्य किया जा रहा है